मन की बात प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के मद्देनजर युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है ताकि उनके सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा जा सके आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा

उनके लिए देश की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर लेने का अवसर आ गया है मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खूद को ज़रूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उन्नीस सौ बयालीस में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था सुभाषबाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज़ था वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे दिस इज सुभाष चन्द्र बोस स्पीकिंग दू यू ओवर द आजाद हिन्द रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने ही मिशन पिछले चार वर्षो में सफलतापूर्वक पूरे किए गए उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चन्द्रयान द्वितीय मिशन के तहत चन्द्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माईइज्ज्त घर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया पीएम स्टार्ट अप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में स्टार्ट अप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और नियामक सुधार जैसे कई उपाय किए हैं एक न्यूज वेबसाइट को दिये गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देश के लोगों विशेषकर युवाओं के कारण स्टार्ट अप के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और नवाचार के कारण ही स्टार्ट अप उद्यम क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियामक व्यवस्था मजबूत की है स्टार्ट अप उद्यमों की परिभाषा बदली है कर छूट बढ़ाई है और कर की दरें कम की हैं इन उपायों से स्टार्ट अप उद्यम क्षेत्र तेजी से बढ़ा है

श्री गांधी नई राजधानी में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में शामिल होंगे वे इस मौर्क पर किसानों को संबोधित भी करेंगे इस सम्मेलन में वे कर्जमाफी से लाभान्वित किसानों को ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र वितरित करेंगे

श्री गांधी के रायपुर आगमन के मद्देनजर आज अखिल भारतीय कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया नई दिल्ली से रायपुर पहुंचे स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने उनका स्वागत किया श्री पुनिया सीधे राज्योत्सव स्थल पहंचे और समारोह स्थल का निरीक्षण किया श्री पुनिया प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन भी पहुंचे और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए वहीं अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज रायपुर पहुंचे

श्री सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होर्न के सिलसिले में रायपुर पहुंचे हैं आयुष विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार चन्द्राकर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के नये कुलपति होंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके नाम पर सहमति व्यक्त कर दी है राज्यपाल के सचिव सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने डॉक्टर चंद्राकर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार आकाशवाणी समाचार द्वारा राज्य के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा से की गई बातचीत का प्रसारण किया जाएगा इस विशेष साक्षात्कार का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपूर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में गोठान और चारागाह के लिए जमीन तलाशी जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के तीन गांवों में पहंचे और ग्राम सभाओं में शामिल हुए इनमें असोगा तेलीगुड़ा और धनसुली गांव शामिल थे मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में सरकार की नरवा गरूवा घुरवा और बारी योजना के बारे में जानकारी दी उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव के विकास के लिए कुछ घोषणाएं भी कीं इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार काम करेगी राजभवन स्वागत समारोह राजभवन में गणतंत्र दिवस की संध्या पर कल दरबार हॉल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वीरता पदक से सम्मानित बच्चों पुलिस मेडल से सम्मानित पुलिस अधिकारियों जनप्रतिनिधियों मीडिया के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं स्वागत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक विधायक गण और विभिन्न विश्वविविद्यालयों के कुलपति सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे सिम्स बच्चे मौत बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में आग लगने के बाद आईसीयू से निजी अस्पताल में शिफ्ट किए गए एक और नवजात बच्चे की आज मृत्यु हो गई है कल रात बच्चे की तबीयत बिगड़ी और आज सुबह उसकी मौत हो गई गौरतलब है कि सिम्स में बीते बाईस जनवरी को हुए इस हादसे के बाद अब तक कुल तीन बच्चों की मौत हो चुकी है मौसम प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहा और कई जगहों पर बारिश हुई तेज हवाओं और बारिश के कारण लगभग पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है और कई जगह शीतलहर चल रही है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है अगले दो दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की है राजधानी रायपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं के कारण मौसम और सर्द हो गया उधर बस्तर जिले के अनेक स्थानों में बीती रात से वर्षा हो रही है मौसम वैज्ञानिक पीएल देवांगन ने बताया कि अगले दो दिनों के दौरान बस्तर क्षेत्र के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस कीं गिरावट आ सकती है वहीं बीजापुर जिले में भी कल से मूसलाधार बारिश का कहर जारी है बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है आवापल्ली भैरमगढ़ भोपालपट्टनम सहित जिले के चारों विकासखंडों में बारिश हो रही है बेमौसम वर्षा से धान खरीदी केन्द्रों में रखे धान के खराब होने की खबर है इस बेमौसम बारिश को रबी फसलों के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है रायगढ़ स्कूल रायगढ़ के पास स्थित सहदेवपाली गांव में एक राईस मिल से निकलने वाले धुएं और गंदे पानी की बदबू से परेशान होकर ग्रामीणों ने चौदह जनवरी से गांव के स्कूल को बंद करा दिया है ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत पर्यावरण विभाग से की थी जिसके बाद पर्यावरण अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और मिल की बिजली लाइन काटने के निर्देश दिए थे स्कूल की प्रधान आचार्य प्रमिला टोप्पो ने बताया कि मिल की बिजली लाईन अब तक नहीं काटी गई है यहां से निकलने वाले दूषित पानी की गंध से स्कूल में बैठना मुश्किल हो रहा है धूंए की वजह से बच्चों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है इस संबंध में ग्रामीण कल कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे संक्षिप्त समाचार आईपीएस एमएल कोटवानी को बालोद जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है गृह विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है

गरियाबंद जिले के ध्रवागुड़ी रेंज के गुढ़ियारी गांव के पास वन विभाग ने सागौन लकड़ी की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है